विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याषी के पक्ष में जनसभाओं और रैलियों को सम्बोधित कर के योट की अपील कर रहे हैं भाजपा नेता और प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में जी जान से लग जाने की अपील की उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता विकास के कार्यों के साथ सेल्फी लें और उसे वायरल कर के जनता को केन्द्र और प्रदेष सरकार द्वारा किये गये कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायें भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक हेमा मालिनी ने आज बस्ती जिले के कप्तानगंज में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और मुझे गर्व है कि मै इस पार्टी से जुड़ी हूं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीबों पिछड़ों और किसानों की पीड़ा जानते हैं जनता को भी यह समझ में आ चुका है हेमा मालिनी ने आज ही संतकबीरनगर के मेहदावल और कुषीनगर के खड्डा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव ने आज चन्दौली में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि भाजपा सरकार में युवाओं का रोजगार का सपना टूट चुका है और पांच साल बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के वादे के अनुसार अच्छे दिन नही आये बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज गठबंधन प्रत्याषी के पक्ष में आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भाजपा के लोग हमला कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा दिये गये अधिकार लोगों को नही दिये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कॉग्रेस ने भी दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित किया था इस जनसभा को समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव ने भी सम्बोधित करते हुये कहा कि अबकी बार प्रदेस की सर्वाधिक सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी कॉग्रेस के प्रदेष अध्यक्ष राजबब्बर ने आज महराजगंज के नौतवनां में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि कॉग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलने में सक्षम है यह पार्टी जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठकर केवल विकास के लिये कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है इसीलिए वह प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही है नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक राजनीति के लिए जानी जाती है उन्होंने कहा कि जब हम कॉग्रेस के समय में घोटालों की बात करते हैं तो उसके नेताओं के पास उसका कोई जवाब नही होता हमारे पास नेतृत्व सुरक्षा और विकास जैसे तीन महत्वपूर्ण मुददे हैं जबकि उनके पास कोई मुद्दा नही है उधर कांग्रेस ने सरकार की उज्जवला योजना पर सवाल उठाये हैं जिसके तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त दिये जाते हैं पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच वर्ष के कामों के बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बताने लायक क्छ नहीं किया गया है उच्चतम न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग को सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज किये जाने की शिकायत की जांच करने को कहा है तेज बहादुर ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन रद्द किये जाने पर न्यायालय में शिकायत की थी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कल तक इस बारे में जबाव देने को कहा है आज रेडक्रॉस दिवस है पूरे विश्व में रेडक्रॉस द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को उजागर करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना भी है जिन्होंने समय पर लोगों को अपनी सेवायें दी यह दिन अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी इनान्ट की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है प्रदेष के सभी जिलों में इस समय लू के साथ भीशण गर्मी पड़ रही है तेज धूप के साथ गर्म पछुआ हवाओं ने लोगों का जन जीवन प्रभावित केर दिया है ज्यादातर जिलों का तापमान चालिस से पैंतॉलिस डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार भीशण गर्मी का यह सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा प्रदेष के फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के षंकरपुर गांव के पास आज फतेहपुर से बांदा की ओर जा रही खाली ट्रक सामने से आ रहे गिट्टी लदे डम्फर से टकरा गयी इस टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया मरने वालों में डम्फर चालक भी षामिल है